प्रौद्योगिकी समुदाय से विश्वस्तरीय ऐप विकसित करने को कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मामलों पर नियंत्रण के लिए गौतमबुद्वनगर और गाजियाबाद जिलों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार के निर्देश दिए मिशन वक्षारोपण के तहत आज प्रदेश में पच्चीस करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे जनपद स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से मरीजों के ठीक होने की दर अड़सठ दशमलव तीन छः प्रतिशत हई अब तक अट्ठारह हजार एक सौ चौवन मरीज स्वस्थ हुए सक्रिय मामलों की संख्या सात हजार छः सौ सत्ताईस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोत्तम भारतीय ऐप की पहचान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत नवाचार प्रतिस्पर्या की घोषणा की है यह ऐप पहले से इस्तेमाल में होना चाहिए और इसमें विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी समुदाय से आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अपील की यह प्रतिस्पर्धा मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने और नए ऐप विकसित करने के लिए होगी श्री मोदी ने लिंक्डइन पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि ई लर्निंग वर्क फ्रॉम होम गेमिंग बिजनेस मनोरंजन कार्यालय कार्य और सोशल नेटवर्किंग के मौजूदा ऐप को बढ़ावा देने तथा नए ऐप विकसित करने के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से लॉकडाउन में पार्टी की ओर से किये गये सेवा कार्यो की समीक्षा की इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा यज्ञ है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश भाजपा की कोरोना में किये गये कार्यो की सराहना की उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को बहत बहत बयाई जितनी बड़ी मात्रा में काम हुआ है उत्तर प्रदेश में और जिस प्रकार से सरकार ने और संगठन ने इन सारी चीजों को संगता है वह अपने आप में बहुत बधाई के पात्र हैं काशी का मैं सांसद रहा हूं तो मैं लगातार काशी के लोगों से बातें करता रहता था और इसके कारण कितने प्रकार के लगातार मुझे जानकारी मिलती थी वहां सरकार के लोगों से भी सम्पर्क में रहता था इतनी बड़ी इसकी व्यापकता इतनी विक्विता इतने बड़े स्क्रोत पर और इतने तम्बे अर्मे तक हिन्दुस्तान के हर कोने में मैं सम्क्षता हूं कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा सेवा गज्ञ है अगर इसको दुनिया के किसी परिवम के देश में ऐसी घटना करती तो पूरे विस्व में इसका जय जय कार चलता प्रधानमंत्री ने पार्टी से कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में किये गए कार्यों की जिले मंडल राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक डिजिटल ब्क बनाने की अपील की जिससे लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके मै आप लोगों से एक आग्रह करता हूं कि क्या हम हर मंडल की एक डिपिटल बुकलेट इस प्ररे काम को समेटते हुए लोगों के अनुमव हो उनके इंटरव्यूज हो उनकी विदित्यां हो ऐसे समय में लोगों ने गीत बनाये कविताएं बनाई है सेवा के काम हुए है हर मंडल के एक श्रिपिटल में बाद में हर खिजिटल की उसका एक कम्पाइलेशन वाली अच्छी खिजिटल बुक और फिर राज्य की एक डिजिटल बुक और छिर पूरे देश की एक डिजिटल बुक

भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोरोना संक्रमण के कारण आई वैश्विक आपदा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा देश में गरीबों जरूरतमदों और आम जन मानस की सहायता और सेवा कार्यो की समीक्षा के लिये कल सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़्डा सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे वहीं प्रदेश के पार्टी मुख्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना की आपदा के दौरान प्रदेश में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों की सहायता और सेवा के लिये किये गये कार्यों की जानकारी दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मामलों पर नियंत्रण के लिए गौतमबुद्वनगर और गाजियाबाद जिलों के लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने के भी निर्देश दिए जो वहां के कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के साथ ही संक्रमित रोगियों के स्वास्थ्य लाभ के सभी उपाय सुनिश्चित करेगी उन्होंने बुलंदशहर जनपद में भी स्वास्थ्य विभाग की ऐसी ही विशेष टीम भेजने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की जांच में और वृद्वि करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीपीसीआर जांच विधि से जांच क्षमता को प्रतिदिन पच्चीस हजार टेस्ट से अधिक किया जाए उन्होंने ट्रूनेट मशीन और रैपिड एंटिजन टेस्ट से भी जांच क्षमता में व्यापक तेजी लाने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में भर्ती रोगियों के परिजनों को रोगी के स्वास्थ्य के बारे में नियमित जानकारी दी जाए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के प्रत्येक चिकित्सालय में कोविड हेल्य डेस्क की स्थापना के निर्देश दिये हैं प्रदेश में आज मिशन वृक्षारोपण दो हजार बीस के अन्तर्गत एक दिन में पच्चीस करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया जायेगा इस अभियान में जन सहयोग और अन्तर्विमागीय समन्वय के माध्यम से रिकॉर्ड संख्या में पौधे रोपे जायेंगे

कूबारोपण वाले सभी स्थलों की जियो टैगिंग भी कराई जाएगी यह कूबारोपण अमियान कुपोषण निवारण जैवविविधता संस्क्षण जीवामृत के उपयोग और गंगा तथा सहायक नदियों के किनारे वृबारोपण पर केन्द्रित है इसके अन्तर्गत हर जनपद में विशिष्ट वाटिका क्षारोपण के अन्तर्गत स्नृति वाटिका पंचवटी नवग्रह वाटिका नक्षत्र वाटिका हरिशंकरी का रोपण कराया जाएगा एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ बस्ती जिले में भी आज वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसमें सत्ताइस लाख इक्कीस हजार पांच सौ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य है वृक्षारोपण कार्यक्रम स्वह दस बजे से बस्ती रेंज के डमरूआ जंगल के गांव कैनपुरा में आयोजित होगा जिसमें सांसद हरीश ट्विवेदी स्थानीय विधायक और जिले के अधिकारी भाग लेंगे देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से स्वस्थ होने की दर बढ़ कर साठ दशमलव आठ एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौदह हजार से ज्यादा कोविड नाइन्टीन रोगी स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या तीन लाख चौरानबे हजार से ज्यादा हो गई है मंत्रालय ने बताया कि दो लाख पैंतीस हजार से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर अड़सठ दशमलव तीन छः प्रतिशत है अब तक अट्ठारह हजार एक सौ चौवन मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ मे प्रेस प्रतिनधियों को बताया कि प्रदेश में टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है अब तक कुल आठ लाख चौंतीस हजार नौ सौ इक्यावन नमूनों की जांच की गई उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के सात हजार छ सौ सत्ताईस मामले सक्रिय हैं मेक इन इंडिया में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कानपुर और आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए सड़सठ ट्रेनों के दो सौ एक डिब्बों की आपूर्ति जांच और इन्हें चालू करने का ठेका मेसर्स बोंबार्डियर ट्रांसपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है इनमें से उत्तालीस ट्रेन कानपुर और अट्गईस ट्रेन आगरा के लिए हैं और प्रत्येक की क्षमता नौ सौ अस्सी यात्रियों की है इस ठेके के लिए चीन की कंपनी ने भी आवेदन किया था लखीमपुर खीरी जनपद में जिला सेवायोजन कार्यालय के तत्वावधान में आगामी आठ जुलाई को ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा इसमें निजी क्षेत्र की कई कम्पनियां भाग लेंगी इन कम्पनियों ने अपनी रिक्तियों की जानकारी सेवायोजन पोर्टल सेवायोजन डॉट यूपी डॉट एनश्राईसी बॉट आईएन पर अंकित कर दी है इच्छुक अम्यर्थी सेवायोजन पोर्टल पर विवरण देखकर आवेदन कर सकते हैं अम्यर्थियों का साक्षात्कार उनके दिये गये मोबाइल नम्बर पर किया जायेगा